इसे कल तड़के दो बजकर इंक्यावन मिनट पर आन्ध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से प्रक्षेपित किया जाएगा जीएसएलवी मार्क थ्री रॉकेट चंद्रयान दो को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा इस मिशन से चन्द्रमा की सतह की बनावट पानी की उपलब्धता तथा भौगोलिक स्थिति के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है इस मिशन पर नौ सौ अटहत्तर करोड़ रूपये लागत आने का अनुमान है पूरा देश इस ऐतिहासिक मिशन की सफलता की कामना कर रहा है

इसके बाद यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और सौ किलोमीटर की दूरी से चंद्रमा की परिक्रमा करेगा चंद्रमा की विशेष कक्षा में पहुंचने के बाद लैंडर विक्रम खुद को ऑर्बिटर से अलग कर लेगा और धीमी गति से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा इसके बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा और जरूरी सूचनाएं एकत्र करेगा यह मिशन पूर्णतः स्वदेशी है इस मिशन से पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में समझ बढ़ेगी साथ ही युवा पीढ़ी में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रूचि पैदा करने में प्रेरणा भी मिलेगी

इसके लिए ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के वॉर्डों में उनतीस जुलाई तक शिविर लगाए जाएंगे जहां आवेदन जमा कराए जा सकेंगे राशन कार्ड नवीनीकरण अभियान के तहत करीब साढ़े अंठावन लाख राशन कार्डो का नवीनीकरण होगा और इसके साथ ही नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे नए राशन कार्ड ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों के वॉर्डो में एक से आठ सितंबर के बीच आयोजित शिविर में बांटे जाएंगे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन द्वारा नवीनीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है केवल एक पन्ने के आवेदन पत्र में जानकारी प्रस्तुत करना है आवेदन के साथ मुखिया के दो पासपोर्ट फोटो आधार कार्ड और बैंक खाता की फोटोकॉपी लगाकर आवेदन शिविर में जमा किए जा सकते हैं आवेदन पत्र और राशन कार्ड निःशुल्क दिए जाएंगे नया राशन कार्ड जारी होने तक हितग्राहियों को पुराने राशन कार्ड पर राशन सामग्री मिलती रहेगी नया राशन कार्ड प्राप्त होने के समय ही पुराना राशन कार्ड को जमा करना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पचासवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा के पणजी में बीस से अट्ठाईस नवम्बर तक किया जाएगा पणजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संचालन समिति की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि व्यवसायिक प्रदर्शनी में नवीनतम प्रौद्योगिकी फिल्म निर्माण और फिल्मों से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी दी जाएगी इस बार के फिल्म समारोह में रूस भागीदार देश होगा इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने गोवा के मुख्यमंत्री के साथ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का विशेष स्वर्ण जयंती पोस्घ्टर जारी किया पुनिया प्रेस कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने आज रायपुर में मंत्रियों के साथ बैठक कर उनके विभाग के पिछले छह महीनों के कामकाज की समीक्षा की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पुनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार शानदार काम कर रही है सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा गरूवा घुरूवा और बाड़ी योजना की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल हो सकता है

श्री पुनिया ने कुछ गांवों में इस योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का अवलोकन भी किया उन्होंने कहा कि यह स्थानीय लोगों की योजना है और भविष्य में इसके अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे

सभी सांसद पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे प्रत्येक संभाग में सौ से डेढ़ सौ दल घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय ने एकात्म परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी श्री पांडेय ने बताया कि श्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में भाजपा दोबारा सत्ता में आई है सदस्यता अभियान के तहत प्रदेश में ग्यारह लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी शिवराज सिंह चौहान अट्ठारह जुलाई को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे और रायपुर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे माओवादी मुठभेड़ दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में दो हार्डकोर इनामी माओवादी मारे गए हैं जबकि एक महिला माओवादी को गिरफ्तार किया गया है पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान आज सुबह तलाशी अभियान पर निकले थे इसी दौरान किरंदुल थाना क्षेत्र के गुनियापाल में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दो इनामी माओवादी मारे गए इन पर पांच पांच लाख रूपये का इनाम घोषित था इनमें से एक मलंगीर एरिया कमेटी का और दूसरा मुया एरिया कमेटी का सदस्य था घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने एक महिला माओवादी को गिरफ्तार करने के साथ ही दो हथियार भी बरामद किए हैं स्कूल गणवेश वितरण प्रदेश में निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना के तहत चालू शिक्षा सत्र में अब तक शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा पहली से आठवीं तक के करीब उनतीस लाख छात्र छात्राओं को दो सेट गणवेश का वितरण किया गया है वहीं अड़तालीस लाख से अधिक विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें वितरित कर दी गई हैं स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से छह लाख उनयासी हजार से अधिक विद्यार्थियों और सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत करीब बाईस लाख विद्यार्थी को दो दो सेट गणवेश का वितरण किया गया है इसके अलावा पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत् करीब साढ़े ग्यारह हजार विद्यार्थियों को भी निःशुल्क गणवेश का वितरण कराया जा चुका है कोरबा जेल ब्रेक कोरबा जिले के कटघोरा उप जेल में दीवार कूदकर भागने के दौरान नीचे गिरने से एक कैदी की मौत हो गई जबकि एक अन्य कैदी को गंभीर चोटें आई हैं इन दोनों कैदियों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था मिली जानकारी के अनुसार कटघोरा उप जेल में बंद ये दोनों कैदी बीती शाम जेल से भागने की कोशिश में दीवार पर चढ़कर वहां से नीचे कूद गए इसी दौरान दोनों कैदियों को गंभीर चोटें आईं बाद में पुलिस ने उन्हें जेल परिसर में ही पकड़ लिया गंभीर रूप से घायल दोनों कैदियों को कटघोरा स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया जिनमें से एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई नई ट्रेन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत यात्रियों को दल्लीराजहरा से केवटी के बीच कल पंद्रह जुलाई से अगले दस दिनों के लिए नई ट्रेन की सुविधा मिलेगी रेल प्रशासन ने यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए दुर्ग दल्लीराजहरा रायपुर के बीच चलने वाली ट्रेन सेवा का अस्थायी तौर पर दल्लीराजहरा केवटी डैमू और केवटी तक विस्तार किया है इसके साथ ही दुर्ग केवटी खंड में चलने वाली ट्रेनों की समय सारिणी में भी बदलाव किया गया है अश्व प्रजाति रोग पशुओं में संक्रमक और संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम के तहत दुर्ग और राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र को अश्व प्रजाति के पशुओं के लिए नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है इस संबंध में पशुधन विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है इसके तहत अश्व प्रजाति के सभी पशुओं के दुर्ग और राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में आवागमन को भी प्रतिबंधित किया गया है

जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया घटना के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए